प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवम्बर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से द्रसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजद्रों को बड़ा फायदा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्युदर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के म्काबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में रहा है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई जानें बचाई जा सकीं

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दवारा मंगलवार की शाम को जारी ब्लेटिन के अन्सार चार नए मामलों की प्ष्टि वेस्ट कामेंग जिले से हई है और ये चार सैन्य कर्मी उत्तर प्रदेश पंजाब दिल्ली और महाराष्ट्र से वापस लौटे है सभी की प्ष्ति क्वारंटिन सेंटर से हई है और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है

उन्होंने कहा कि बांस सेक्टर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण वाहक बनने की क्षमता रखता है डॉ जितेन्द्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक के बाद नई दिल्ली में यह बात कही बैठक में मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद शिलांग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया डॉ सिंह ने कहा कि बांस न केवल कोविड संक्रमण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को भी नई गति देगा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने अपने मजबूत ई ऑफिस नेटवर्क द्वारा महामारी के दौरान सौ प्रतिशत कार्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है उन्होंने अधिकारियों से द्रसंचार विभाग के साथ समन्वय करने और अपने व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्बाध उच्च गति वाली इंटरनेट सुविधा बढ़ाने का आग्रह किया

डॉक्टर दिवस पर एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संकट के इस काल में डॉ और नर्सें ईश्वर का रूप है उन्होंने कहा कि माँ बच्चे को एकबार जन्म देती है लेकिन डॉक्टर कई बार जिंदगी देता है श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं और हम कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते उन्होंने कहा कि यह हर नागरिक का कर्त्तव्य है कि देश के लिए अपनी सेवाएं देने वालों का सम्मान करें